नौ नए सक्रिय मामलों में छह चांगलांग दो लोंगडिंग और एक लेपा रादा जिले के है वे उत्तर प्रदेश कर्नाटक और दिल्ली के रिटर्नी है सभी मामलों का पता क्वारेंटाइन फेसिलिटी में चला है उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है सभी एसिम्टोमेटीक है

जिसमें चौहत्तर सक्रिय मामला है और दो स्वस्थ हो चुके है

रिज़र्व बैंक अपने ई बात कार्यक्रम और अन्य अभियानों के माध्यम से स्रक्षित डिजिटल भ्गतान के तरीक़ों से जागरुकता बढ़ाने के उपाय करता रहा है ताकि लोग पिन ओटीपी और पासवर्ड आदि साझा करने से बचें रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र में कहा है कि डिजिटल प्रयोक्ताओं के साथ बार बार एक ही तरह से हो रही धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हए इससे बचने के उपाय तेज़ करना ज़रुरी है रिज़र्व बैंक ने कहा है कि स्रक्षित भ्गतान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोक्ताओं को किसी के भी साथ अपने डेबिट क्रेडिट और प्री पेड़ कार्ड का ब्योरा साझा करते समय सावधान रहना चाहिए अपने पासवर्ड ओटीपी सीवीवी और यूपीआई पिन की जानकारी देने से भी बचा जाना चाहिए रिज़र्व बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक अथवा म्फ्त नेटवर्क का उपयोग कर बैंकिंग अथवा अन्य वित्तीय लेन देन करने से भी बचें बैंक का ब्योरा अपने मोबाइल ई मेल इलेक्ट्रॉनिक वैलेट या पर्स में भी नहीं रखा जाना चाहिए

अब यह योजना सितम्बर तक लागू रहेगी पहले यह तीस जून को समाप्त हो रही थी

इनमें कोविड रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले और संक्रमण के जोखिम वाले साम्दायिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं इस योजना के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय से संचालित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष के तहत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है डॉक्टर नर्स अर्ध चिकित्सा कर्मी सफाई कर्मी तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में काम कर रहे क्छ अन्य कर्मचारी बीमा स्रक्षा के तहत आते हैं वार्ड ब्वाय आशा कार्यकर्ता और तकनीशियनों को भी इसमें शामिल किया गया है इस योजना के तहत बीमा सुरक्षा लाभार्थी की अन्य बीमा सुरक्षा से अलग होगी

कॉपी एडिटर के लिए शैक्षिक योग्यता पत्रकारिता में डीग्री या पी जी डिप्लोमा और कम से कम संबद्ध क्षेत्र में तीन साल का अन्भव हो प्रडाक्शन एसिस्टेंट के लिए उम्मीदवार को फिल्म और वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा और स्नातक होना अनिवार्य है

उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि इससे जोलांग क्षेत्र और आस पास के गांवो के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा श्री मैने ने कहा कि राज्य सरकार राजधानी क्षेत्र का चह्म्खी विकास कर जन आकांक्षाओं को प्रा करने का हरसंभव प्रयास कर रही है इस अवसर पर विधायक ताना हाली तारा लोक निर्माण विभाग के आय्क्त कालिंग तायेंग़ सचिव वाई डब्लू रिंगू म्ख्य अभियंता अत्प लेगो और कात्म वाघे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे वहीं उप म्ख्यमंत्री चाउना मैन ने कल राजधानी क्षेत्र के ई एस एस सेक्टर में भू स्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्य के तहत करीब चौतीस मीटर ऊंचे प्रोटेक्शन वाल का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करीब दो साल से बंद पड़े इस सड़क के ख्ल जाने से राजधानी क्षेत्र में यातायात में स्विधा होगी श्री मैन ने कहा कि राजधानी क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की गूणवत्ता स्निश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं गए है